प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वालों को पुरस्कृत करेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य कम कीमत पर स्तरीय दवाएं उपलब्ध कराना है मुख्यमंत्री दौरा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक़र आज शिमला के रिज मैदान में जन औषधि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर इस मौक पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन में विभिन्न विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करेंगें मुख्यमंत्री यहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे बाद दोपहर मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्रीय मंत्रालय से मंडी जिला के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल एक बैठक में उन्होंने कहा इससे न केवल पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सामरिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होगा उन्होंने कहा कि वित्त आयोग ने इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित किए है उन्होंने मंत्रालय से प्रदेश में उड़ान दो के तहत सभी हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह भी किया

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए है लाहौल स्पीति व कुल्लू में कल रात हल्की बर्फबारी हुई जबकि किन्नौर व शिमला में रूक रूक कर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी व बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

अमर उजाला की सुर्खी है कोरोना काल में दी सौगात की डोज तीस हजार सरकारी नौकरियां

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं नौकरियां नीति और नज़राने हिमाचल के कर मुक्त बजट में सभी वर्गो का ख्याल मंत्रियों विधायकों का सैलरी कट खत्म दैनिक जागरण का कहना है सामाजिक स्पर्श की बयार सब पर बौछार

अमर उजाला की सुर्खी है मंडी हवाई अड़डे की डीपीआर बनाने के लिए मिली हरी झंडी

मौसम पर अमर उजाला का कहना है रोहतांग में हिमपात आज बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट दैनिक भास्कर की सुर्खी है दलाई लामा को धर्मशाला अस्पताल में दी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज

नमस्कार